कांग्रेस ने कहा महागठबंधन में सम्मानजनक सीट मिलने पर ही राजद के साथ होगा समझौता राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर लगभग बानवे प्रतिशत हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि एनडीए विधानसभा चूनाव में पूर्ण बहमत हासिल करेगा उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने भाजपा और जदयू के विकास कार्यों को सराहा है श्री प्रसाद ने कहा कि तथाकथित महागठबंधन की कारगुरारियों को जनता भलीभांति जानती है भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि राजद के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है इधर सीपीआई माले ने समस्तीपूर जिले की वारिसनगर सीट पर अपना दावा किया है पार्टी नेता धीरेन्द्र झा ने कहा कि उम्मीद है कि महागठबंधन की ओर से यह सीट पार्टी को दी जायेगी इधर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने सभी दो सौ तैंतालीस विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी की है उम्मीदवारों के चयन के लिए गठित पार्टी की स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष अविनाश पांडेय ने कहा कि महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर पार्टी द्वारा सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का भी फैसला हो सकता है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव के नाम से कोई आपत्ति नहीं है राजद महागठबंधन का बड़ा दल है इधर महागठबंधन के प्रमुख घटक रालोसपा के तेवर नरम नहीं पड़े हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद ने कहा कि महागठबंधन आईसीयू में चला गया है अब सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बातचीत का कोई मतलब नहीं है दोनों बड़े दलों की आलोचना करते हुये श्री आनंद ने कहा कि राजद और कांग्रेस में कोई तालमेल नहीं है राजद के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इलियास हुसैन के पुत्र फिरोज हुसैन ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है श्री हुसैन ने आरोप लगाया कि राजद में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है बताया जाता है कि टिकट कटने की आशंका को देखते हुये उन्होंने यह फैसला किया है श्री हुसैन पिछले विधानसभा उप चुनाव में रोहतास जिले के डेहरी निर्वाचन क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी थे राज्य के पूर्व पूलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय के जदयू में शामिल होने की सम्भावना है श्री पांडेय ने आज जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की हालांकि मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि वह किसी भी दल में शामिल हो रहे हैं नरकटियागंज की पूर्व विधायक रश्मि वर्मा आज भाजपा में शामिल हो गयी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई विधानसभा चूनाव के दौरान भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई नये चेहरों को शामिल किया है पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से घोषित टीम में राज्य के कई चेहरों को जगह मिली है मोतिहारी से बीजेपी सांसद राधामोहन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन और गुरूप्रकाश को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है वहीं विधान पार्षद संजय मयूख को राष्ट्रीय प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गयी है विधानसभा चूनाव की तारीख घोषित होने के बाद राज्य में आचार संहिता का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है विभिन्न जिलों में राजनीतिक दलों के अनाधिकृत पोस्टर और बैनर हटाये जा रहे हैं सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार वाले होर्डिंग और बैनर को भी हटा लिया गया है जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने आचार संहिता को लेकर कल अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आचार संहिता के अनुपालन को लेकर बातचीत की सभी प्रतिनिधियों से निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कोविड उन्नीस के दिशा निर्देशों के पालन का भी अनुरोध किया गया है इधर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गयी है गौरतलब है कि कल चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है राज्य में तीन चरणों में मतदान सम्पन्न होगा पहले चरण में अट्ठाईस अक्टूबर द्रसरे चरण में तीन नवम्बर तथा तीसरे और अंतिम चरण में सात नवम्बर को वोट डाले जायेंगे मतों की गिनती दस नवम्बर को होगी बिहार में कोविड उन्नीस रोगियों के स्वस्थ होने की दर देश में सबसे अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर लगभग बानवे प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख तिरसठ हजार एक सौ बत्तीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार चार सौ संतावन नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख सतहत्तर हजार तीन सौ पचपन हो गया है सबसे अधिक दो सौ पचपन मामले पटना जिले में सामने आये हैं वहीं पूर्णिया और सहरसा से तिरासी तिरासी सुपौल से छिहत्तर मुजफ्फरपुर से चौंसठ अररिया और गोपालगंज से एकसठ एकसठ मामलों की प्रष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार तीन सौ छत्तीस है वहीं इसी अवधि में पांच लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर आठ सौ छियासी हो गया है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अध्रा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें

अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वाले की संख्या निरंतर बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तिरानवे हजार से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही यह संख्या बढ़कर अड़तालीस लाख उनचास हजार से अधिक हो गई है स्वस्थ होने की दर बयासी दशमलव एक चार प्रतिशत तक पहुंच गई है वहीं देश में अब तक उनसठ लाख तीन हजार से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं जबकि तिरानवे हजार तीन सौ उनासी लोगों की मृत्य हुई है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड उन्नीस महामारी का खरीफ की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि एक हजार एक सौ सोलह लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसलें बोई गई हैं जबकि पिछले साल इसी अवधि में एक हजार छियासठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई थी राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्राधिकरण ने विनिर्माताओं के स्तर पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का मूल्य पन्द्रह रूपये बाईस पैसे प्रति घनमीटर तय करने का निर्णय किया है इसमें जीएसटी शामिल नहीं होगा प्राधिकरण के अनुसार कोविड उन्नीस की वर्तमान स्थिति के कारण देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है प्राधिकरण ने कहा कि मूल्य सीमा न होने के कारण विनिर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे ऑक्सीजन के दाम तय करने से मूल्यों पर नियंत्रण हो सकेगा और मरीजों को लाभ मिलेगा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर अपनी विशेष श्रृंखला बापू में आज प्रस्तुत हैं सांप्रदायिक सद्भाव के विषय में बापू के विचार पश्चिम बंगाल में सोदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास है वह ईश्वर को छोड़कर किसी से नहीं डरता

सबसे बलवान वो हो जाते हैं उनको गुंडा भी सता नहीं सकते लेकिन गुंडा वो उनके सामने सीधे हो जाते हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित किया वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म के मंत्र के साथ भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर देश आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है मॉनसून की सक्रियता के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर पूर्व बिहार उत्तर पश्चिम बिहार और उत्तर मध्य बिहार में कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई है कई जिलों में बारिश और जलजमाव के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है मुख्य मार्गो पर जलजमाव के कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ है इधर मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है

वहीं किशनगंज के तैयबपुर में एक सौ चालीस मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट में एक सौ बीस जबकि पटना जिले के बाढ़ में नब्बे मिलीमीटर बारिश हुई है पूर्णियां सीतामढ़ी वैशाली और सहरसा जिले में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गयी है प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से गंडक बागमती अधवारा समूह और महानंदा नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण वाल्मीकिनगर बराज से दो लाख इक्कीस हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बेलवा घाट से लेकर डुब्बा घाट तक बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर तेज कटाव हो रहा है बेलवा के पास ध्वस्त हुए सुरक्षा तटबंध का मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से लगभग सवा मीटर ऊपर है बाढ़ का पानी चढ़ने से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ चार पर आवागमन ठप हो गया है इधर कटिहार जिले में महानंदा नदी का जलस्तर आजमनगर झौवा और कुर्सेला में लाल निशान से एक मीटर ऊपर चला गया है इसके कारण आजमनगर बलरामपुर कदवा बारसोई प्राणपुर और अमदाबाद प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है लगातार बारिश के कारण नालंदा जिले में मुहाने नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है जिले के परवलपुर प्रखंड के कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है आयकर विभाग ने संपर्क रहित अपील निस्तारण की प्रक्रिया शुरु कर दी है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की विज्ञप्ति के अनुसार अब आयकर की सभी अपीलें ऑनलाईन निपटाई जाएंगी हालांकि बड़े टैक्स घोटाले कर चोरी गहन जांच के मामले अंतर्राष्ट्रीय कर और कालेधन से संबंधित अपीलों पर पुराने तरीके से ही कार्रवाई की जाएगी नालंदा जिले के फतुहा हिलसा मुख्य सड़क पर चंदकूरा छिलका के पास बस और ऑटो के बीच हुई टक्कर में ऑटो पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी वहीं छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गये इधर कटिहार जिले के समेली प्रखंड के खैरा बहियार गांव के पास टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी

कांग्रेस ने कहा महागठबंधन में सम्मानजनक सीट मिलने पर ही राजद के साथ होगा समझौता राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर लगभग बानवे प्रतिशत हुई